उन्होंने कहा कि उन भाषाओं को संरक्षित करने पर ज़ोर दिया जा रहा है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं

उन्होंने कहा कि इस दिन प्रत्येक नागरिक को सहभागिता के लिए आगे आने की ज़रूरत है

बिक्रम सिंह ने कहा कि युवाओं को सार्थक रोज़गार मिले इसके लिए उनकी दक्षता का स्तर बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नई शिक्षा नीति के प्रारूप को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आज एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ये प्रारूप न केवल वर्तमान समय की मांग को पूरा करता है बल्कि युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप भविष्योन्मुखी भी है उन्होंने कहा कि अनुसंधान विकास नवाचार और नई तकनीक का उपयोग इस नीति की विशेषताएं हैं इसके अलावा स्थानीय व क्षेत्रीय भाषाओं सहित संस्कृति के संरक्षण की बात भी इसमें कही गई है राज्यपाल ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए युवाओं के कौशल विकास पर बल दिया शहीदी दिवस सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का आज शहीदी दिवस है उन्होंने देश के अधिकांश भागों में गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रचार किया था

गौ पूजा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जालंधर के नूरमहल में आज कामधेनु गौशाला का दौरा किया इस दौरान उन्होंने गौ पूजा भी की केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे

इनमें ज़िला मुख्यालय में अंतर्राज्यीय बस अड्डे के लोकार्पण सहित आईटीआई भवन स्वास्थ्य विभाग की आवासीय कालोनी और रामपुर में सब्जी मण्डी का शिलान्यास शामिल है

पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा जाएगा इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऊना से अमृतसर के लिए जल्द एक रेलगाड़ी शुरू की जाएगी जिससे श्रद्वालुओं को स्वर्ण मंदिर जाने के लिए आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर भी इस दौरान मौजूद रहे

विश्वविद्यालय के कुलपति सिकंदर कुमार ने इसके लिए केन्द्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि संस्थान में दिव्यांग विद्यार्थियों को समी ज़रूरी सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं

जनमंच प्रदेश के कुल्लू सोलन और सिरमौर ज़िलों में आज जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन के कोलांवाला भूड़ में जनसमस्याएं सुनीं उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम शासन प्रशासन और लोगों के बीच महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रहा है कुल्लू जिले में आनी विधानसभा क्षेत्र के दलाश में वन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से आम लोगों को समस्याओं के निपटारे में राहत मिली है सोलन ज़िले में कसौली के भोजनगर में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार समाज के समी वर्गो के कल्याण की सोच के साथ ही कार्य कर रही है

जागरूकता देहरादून की रूलक संस्था द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से शिमला के समीप मशोबरा में आयोजित कानूनी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आज सम्पन्न हुआ इस अवसर पर पदमश्री अवधेश कौशल ने महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होने पर बल दिया उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश के सभी ज़िलों में ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाएगा विधिक साक्षरता इस बीच शिमला के समीप आनन्दपुर पंचायत में आज विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी परविन्दर अरोड़ा ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी समारोह कुल्लू ज़िला मुख्यालय में आज दत्तोपंत ठेंगड़ी शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय विचार प्रमुख सतीश कुमार ने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी ने श्रमिकों के क्षेत्र में राष्ट्रीय विचारों को स्थापित किया और परम्परागत नारों से हटकर मजदूरों का नारा दिया समारोह में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों सहित मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे